प्रधानमंत्री प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने सबके लिए घर का वायदा करते हुए कहा है कि गरीबों की मुसीबतें रवत्म होने का समय आ गया है नववर्ष के पहले दिन आज वर्चुअल माध्यम से देश के छः राज्यों में वैश्विक आवासीय प्रौद्योगिकी चुनौती जीएचटीसी इंडिया के तहत लाईट हाउस परियोजनाओं की आधारशिला रखते हुए प्रधानमंत्री ने ये बात कही उन्होंने कहा कि जनकल्याण के लिए लाईट हाउस परियोजनाएं बेहतरीन प्रौद्योगिकी का प्रदर्शन करेगी और इनसे शहरी आवासीय जरूरतें पूरी करने में मदद मिलेगी

प्रधानमंत्री ने दोहराया कि कोरोना महामारी की वैश्विक चुनौती ने राष्ट्र को नवाचार और नई प्रौद्योगिकी अपनाने के अवसर दिए हैं आज शुरू की गई छ लाईट हाउस परियोजनाएं देश में आवास निर्माण क्षेत्र को नई दिशा दिखाएगी उन्होंने ये भी कहा कि केंद्र सरकार ने रेरा नियमों के माध्यम से रियल्टी क्षेत्र की परियोजनाओं में लोगों का भरोसा फिर कायम किया है

यह रूझान पिछले चार महीनों से निरंतर जारी है

मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार कर चोरी से संबंधित मामलों की पहचान और राजस्व को बढ़ाने के लिए राजस्व हानी के तरीकों की पहचान पर विशेष ध्यान दे रही है मुख्यमंत्री मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर को नववर्ष पर आज विभिन्न राज्यों के मुख्यमंत्रियों केंद्रीय मंत्रियों वरिष्ठ अधिकारियों और अन्यों लोगों ने नववर्ष की शुभकामनाएं दी मुख्यमंत्री ने दूरभाष के माध्यम से प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी को नववर्ष की शुभकामनाए दी और उम्मीद जताई कि उनके सशक्त नेतृत्व में भारत विश्व शक्ति बनकर उभरेगा मुख्यमंत्री ने भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा को दूरभाष और राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय को राजभवन जाकर नववर्ष की शुभकामनाएं दी राज्यपाल राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय ने आज शिमला में नौणी विश्वविद्यालय द्वारा प्रकाशित किसान हैंडबुक और विश्वविद्यालय के कैलेंडर का विमोचन किया राज्यपाल ने इस मौके पर किसानों के हित में किए गए विश्वविद्यालय के प्रयासों की सराहना की हैंडब्क में विभिन्न बागवानी और कृषि वानिकी फसलों के लिए पैकेज ऑफ प्रैक्टिस की जानकारी दी गई है राज्यपाल ने बाद में कांगड़ा जिला के प्रसिद्ध शक्तिपीठ माता चामुंडा देवी मंदिर में माथा टेका और इसके बाद ज्वालाजी मंदिर में भी पूजा अर्चना की नड्डा भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा ने कहा है कि वह परिवार सहित कोरोना संक्रमण से पूरी तरह मुक्त हो गये हैं नड्डा ने इस बीमारी के दौरान उनके शीघ्र स्वास्थ्य लाभ की कामना और मनोबल बढ़ाने के लिए सभी शुभचिंतकों का आभार जताया है नड्डा ने इस चुनौतीपूर्ण समय में हर मदद के लिए एम्स के निदेशक डॉक्टर रणदीप गुलेरिया और उनकी टीम का भी धन्यवाद किया है कुलदीप राठौर प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष कुलदीप सिंह राठौर ने प्रदेश विश्वविद्यालय में हाल ही में हुई शिक्षकों की नियुक्तियों में धांधली का आरोप लगाया है और राज्यपाल से इनकी तुरंत जांच करवाने की मांग की है राठौर ने आज शिमला में एक पत्रकार वार्ता में आरोप लगाया की विश्वविद्यालय के कुलपति एक विशेष एजेंडे के तहत कार्य कर रहे हैं उन्होंने चेतावनी दी कि अगर इसकी जांच नही करवाई गई तो कांग्रेस सत्ता में आते ही इन नियुक्तियों की जांच करेगी तथा दोषियों के खिलाफ आपराधिक मामला दर्ज किया जाएगा राठौर ने कहा कि शिक्षकों की इन भर्तीयों में यूजीसी के दिशा निर्देशों की पूरी तरह अवहेलना की जा रही है भाजपा प्रदेश भाजपा प्रवक्ता अजय राणा ने नेता प्रतिपक्ष मुकेश अग्निहोत्री पर लोगों को भ्रमित करने का आरोप लगाया है राणा ने आज शिमला में एक बयान में कहा कि कल तक मुकेश अग्निहोत्री आरोप लगा रहे थे कि अफसर सरकार के नियंत्रण में नहीं हैं और अब कह रहे हैं कि सरकार अफसरों को डरा रही है उन्होंने दावा किया कि जयराम ठाकुर सरकार बढिया काम कर रही है इससे कांग्रेस को अपना भविष्य अंधकार में दिख रहा है और उसके नेता भ्रामक बयान बाजी कर रहे है

उन्होंन कहा कि विकास की दृष्टि से हिमाचल देश के अग्रणी राज्यों में शुमार हो इसके लिए केंद्र और प्रदेश सरकार ने अनेक नितिगत निर्णय लिए हैं अनुराग ठाकुर ने कहा कि केंद्र और प्रदेश के डबल इंजन से हिमाचल विकास के नये कीर्तिमान स्थापित कर रहा है और ये सिलसिला नये साल में भी जारी रहेगा उन्होंने प्रदेश वासियों को नववर्ष की शुभकामनांए देते हुए उम्मीद जताई कि ये वर्ष प्रदेश के लिए सफलता खुशियां और समृद्धि लेकर आएगा

उन्होंने कहा कि वैश्विक महामारी कोरोना के कारण उत्पन्न स्थितियों को ध्यान में रखते हुए प्रदेश सरकार द्वारा यह निर्णय सीबीएसई की परीक्षा तिथियों की घोषणा और पिछले दिनों प्रदेश सरकार स्कूल शिक्षा बोर्ड अध्यापकों व अभिभावकों के साथ हुई चर्चा के बाद लिया गया है शिक्षा मंत्री ने कहा कि कोरोना के संक्रमण को रोकने के लिए स्कूलों में सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए जाएंगे

शिक्षा मंत्री ने कहा कि बोर्ड परीक्षांओं की डेट शीट शीघ्र जारी की जाएगी

श्रद्वाजंलि अदम्य साहस के लिए सेना मैडल से अलंकृत शहीद कैप्टन मृदुल शर्मा के बलिदान दिवस पर आज उन्हें हमीरपुर में भवभीनी श्रद्वाजंलि अर्पित की गई हमीरपुर के शहीद कैप्टन मृदुल शर्मा चौक पर उनके स्मारक और प्रतिमा पर श्रद्धासुमन अर्पित करने के लिए आज सुबह से ही गणमान्य लोगों भूतपूर्व और सेवारत सैनिकों तथा आम नागरिकों का तांता लगा रहा